मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के दिए निर्देश केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री से उठाया एनआईटी हमीरपुर में भ्रष्टाचार का मुद्दा

मुख्यमंत्री सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सितम्बर के पहले सप्ताह में करेंगे ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत में कही उन्होंने कहा कि इस सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और अब कुछ ही औपचारिकताएं शेष हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों पर जारी रोक अगले एक सप्ताह में खोल दी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों को फिर से सैलानियों के लिए खोलने के वास्ते मानक प्रक्रिया तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थानों को फिलहाल श्रद्वालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में मीडिया कर्मियों पर दर्ज मामलों को सरकार शीघ्र वापिस लेगी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने उद्योगों के लिए बिजली व पानी के बिल माफ नहीं किए हैं बल्कि इनकी देय तिथि को आगे बढ़ाया गया है हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता कुंदन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाद में अटल सुरंग का निरीक्षण भी किया और मनाली में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर सुरंग का शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि इनकी लागत न बढ़े और लोगों को योजनाओं का समय रहते लाभ मिले मुख्यमंत्री आज मंडी में ज़िले में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे हमारे जिला मंडी संवाददाता मुनीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा की गई घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में की गई किसी भी लापरवाही का कड़ा संज्ञान लिया जाएगा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने विकास कार्यो को बुरी तरह प्रभावित किया है इसलिए परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए उन्होंने अधिकारियों को मॉनसून के दौरान वर्षा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समुचित एहतियाती कदम उठाने को भी कहा

अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार के पास कोई नीति नहीं है उन्होंने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक चुनौती है और भाजपा सरकार इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह विफल रही है उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है और अब कांग्रेस जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगी अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार जहां भी जनता के साथ अन्याय का प्रयास करेगी कांग्रेस वहां सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकटकाल में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की कांग्रेस के सत्ता में आने पर जांच की जाएगी अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की खस्ता वित्तीय हालात को पटरी पर लाने के लिए सरकार केन्द्र से आर्थिक पैकेज की मांग करे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आरंभ की गई पंचवटी योजना गांवों की सूरत को और निखारने में मददगार साबित होगी इस योजना के तहत प्रदेश में पार्क और बागीचे बनाए जाएंगे जहां हर उम्र के लोगों के लिए फिटनेस और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं मुहैया होगी वीरेन्द्र कंवर आज मंडी में पश्पालन पंचायतीराज ग्रामीण विकास और मत्स्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने गौ सदन के निर्माण व रखरखाव पर भी जोर दिया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर और लाभप्रद रोजगार देने के लिए कृतसंकल्प है इस दिशा में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रही है राजीव सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के काटल का बाग में एक आटा मिल के शुभारंभ के उपरांत बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दृढ़संकल्प है वहीं सरकार का यह भी प्रयास है कि संकट के इस समय में युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से दिल्ली में मुलाकात की और एनआईटी हमीरपुर में हुए भ्रष्टाचार की तुरंत जांच करवाने की मांग की उन्होंने इस संस्थान की गिरती रैंकिंग पर भी चिंता जताई और मानव संसाधन मंत्री से तुरंत हस्तक्षेप का आग्रह किया अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर के निदेशक पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जिससे संस्थान की छवि खराब हो रही है उन्होंने कहा कि इन आरोपों की तुरंत जांच होनी चाहिए केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले की तुरंत ही जांच होगी और संस्थान की छवि को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे

रणधीर शर्मा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार प्रवासी मज़दूरों और गरीबों की आवाज बनी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के प्रवासी मज़दूरों और गरीबों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा दी है

बैठक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा ने आज चंबा ज़िला के जनजातीय क्षेत्र पांगी के मुख्यालय किलाड़ में अधिकारियों के साथ घाटी में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा की जगदीश शर्मा ने इस मौके पर अधिकारियों को घाटी के किसानों और बागवानों को कृषि व बागवानी की नई तकनीकों से अवगत करवाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए उन्होंने घाटी में सड़क सुविधा से वंचित गांव को रोप वे से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा डीसी सिरमौर सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने ज़िले के किसानों से मक्की और धान की फसलों का पुनरूत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अपील की है परूथी ने आज नाहन में कहा कि केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ मौसम में मक्की और धान की फसलों को भी शामिल किया है

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है